आस्था के इस पथ पर हजारों श्रद्वालु सुबह से ही कई किलोमीटर लंबी कतार में लगकर दर्शन का इंतजार करते हैं उधर हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने जोशीमठ में संस्कृत महाविद्यालय और राजकीय इण्टर कॉलेज में आवास की व्यवस्था की है इसके साथ ही यात्रियों को कम्बल गद्दा चटाई बिस्तर और उनकी मांग के अनुसार भोजन सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि शनिवार को तीर्थयात्रियों जबरदस्त भीड़ थी

जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा मार्ग के पास स्थित स्कूलों में तीर्थयात्रियों की रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये गए हैं

रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्वालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं स्थानीय व्यापारियों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह है लेकिन बढ़ती भीड़ के कारण पेट्रोल डीजल की किल्लत भी सामने आ रही है जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है चमोली जिले में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्वालु बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं जिसके चलते कुछ पेट्राल पंपों में तेल समाप्त के बोर्ड भी देखने को मिल रहे हैं आपूर्ति विभाग का कहना है कि तेल के टैंकर रोजाना आ रहे हैं लेकिन खपत अधिक होने के कारण थोड़ी दिक्कत सामने आ रही है

इस अभियान का उद्देश्य हस्तशिल्पियों और बुनकरों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है इसके अलावा समय समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से शिल्पियों के कौशल संवर्धन और आजीविका विविधता के प्रयास किये जायेंगे मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल ने बताया कि बिना पंजीकरण के हस्तशिल्पी और बुनकर सभी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं इसलिए पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है

इस समारोह में अलग अलग राज्यों में सरकारी स्कूल को बढ़ावा देने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा में ग्रणवत्ता लाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने शिक्षकों को सम्मान से नवाजा उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने की यह एक नई पहल है और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे

वे लंबे समय से बीमार थे उमेश अग्रवाल के निधन की खबर मिलते ही भाजपा नेता कार्यकर्ता और उनके समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी स्वर्गीय अग्रवाल के आवास पर जानकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढाढ़स बंधाया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट सांसद तीरथ सिंह रावत के साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की देहरादून के लक्खीबाग शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया

फिलहाल लोगों को गर्मी से निजात पाने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मॉनसून जुलाई के पहले हफ्ते तक दस्तक दे सकता है

हालांकि मौसम केंद्र ने इस बीच उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली और चंपावत जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई है पहाड़ी जिलों की बात करें तो यहां कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश हो रही है

अंधड़ से विभाग के चार पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं चीड़ के विशालकाय पेड़ गिरने से तारों को भी नुकसान हुआ है जिससे कई गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई विभाग ने पेड़ हटाने पोल बदलने और तार दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है शनिवार रात तेज अंधड़ और हवाएं चलने से जिले के गरुड़ और कपकोट क्षेत्र में बिजली विभाग को नुकसान हआ कपकोट के पोथिंग और उछात तोक में बिजली की लाइन पर पेड़ गिरने से एक पोल ट्रटकर गिर गया गौरतलब है कि विभाग की अधिकतर लाइनें जंगलों से होकर गुजरती हैं जंगलों में आग के कारण चीड़ के कई पेड़ अधजले हालत में हैं जो तेज हवा चलने पर गिर रहे हैं

गरुड़ डिवीजन के मेजर जनरल एम के कटियार ने बताया कि कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच भाईचारे का प्रचार प्रसार करना एकता अखण्डता और भारतीय सेना के जवानों द्वारा अदम्य साहस को दर्शाना था वहीं मेजर अविनाश बेलवाल ने बताया कि अभियान के दौरान स्वच्छ वातावरण स्वस्थ्य जीवन का पैगाम लोगों तक पहुंचाया गया अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं का अब भी अभाव है इसके लिए एक मुहिम चलाने की जरूरत है जिससे वहां के लोगों को सुविधाएं मिल सकें

जनपद पौड़ी गढ़वाल की पोखड़ा ब्लाक के अंतर्गत बिजोरापानी में स्थित टेली मेडिसिन सेंटर के माध्यम से लोग अपना ईलाज करा रहे हैं जिला चिकित्सालय पौड़ी द्वारा संचालित हो रहे इस मेडिसिन सेंटर में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ अन्य चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है ग्राम प्रधान रेखा सुन्द्रियाल ने बताया कि ऐसी सुविधाओं से लोगों को बहुत राहत मिल रही है पहले छोटी सी बीमारी के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था लेकिन जब से यह मेडिसन सेंटर यहां स्थापित हुआ है लोगों को घर के निकट ही स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है टेली मेडिसिन सेंटर संचालित कर रहे फार्मेसिस्ट का कहना है कि पहले वे अपने स्तर से दवाइयां दे देते हैं लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी है या कोई बीमारी उनकी समझ से बाहर है तो कठिनाई होती थी लेकिन अब वह टेली मेडिसिन के माध्यम से जिला चिकित्सालय पौड़ी में संबंधित डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मरीज का ईलाज करवा देते है जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है

जो अभी तक के आंकड़ो में सबसे अधिक है

आज पहाड़ों पर यह बागान बेरोजगारों को रोजगार देने का बढ़िया जरिया बनता जा रहा है नैनीताल में आने वाले पर्यटक यहां जरूर आते हैं पर्यटक यहां घूमने के साथ यहां की शुद्ध चायपत्ती लेकर जाते हैं इस तरह के चाय बागान अब दूसरे जिलों में भी लगाने की कवायद की जा रही है ताकि यह पर्वतीय जिलों में उद्योग का रूप ले सके चाय बागान का यह इलाका भवाली पालिका के अंर्तगत आता है इसलिए यहां के चेयरमैन इसे बढ़ाने की कवायद में लगे हैं